्र आकाशवाणी समाचारों का प्रसारण आज से निजी एफएम चैनल पर सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ दिल्ली में करेंगे शुभारम्भ ्र प्रदेश में स्वाईन फ्लू प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समुचित स्क्रीनिंग की जायेगी

इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है

इसमें कुष्ठ रोगियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है विधि और न्याय राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि कृष्ठ रोग का इलाज संभव है इसलिए इस रोग के आधार पर विवाह विच्छेद करने या तलाक लेने को समाप्त करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है

उन्होंने कहा कि पहली बार ग्रामीण छात्रों की ग्णवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है

सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ आज नई दिल्ली में एक समारोह में इसका शुभारंभ करेंगे

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से रेडियो की फिर से लोकप्रियता बढ़ी है

उन्होंने कहा कि फिलहाल आवश्यकता के अनुरूप नकदी उपलब्ध है

उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स भिजवाने के साथ ही जांच उपचार और रोकथाम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिष्चित करने के निर्देष दिये हैं उन्होंने प्रदेशवासियों से सर्दी जुकाम बुखार खांसी नाक बहना जैसे लक्षण पाये जाने पर तत्काल नजदीकी चिकित्सा संस्थान से परामर्ष लेकर उपचार कराने की अपील की है चिकित्सा मंत्री ने यह बात कल जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय स्वाईन पलू समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही डॉ शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों जिला अस्पतालों और उपखंड अस्पतालों में स्वाईन फ्लू के मरीजों की जांच और उपचार के लिये अलग से आउटडोर शुरू किये गये हैं चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वाईन फ्लू के उपचार के लिए आवश्यक टेमीफ्लू दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है सभी चिकित्सा संस्थानों में इस दवा की आपूर्ति को नियमित बनाये रखने के लिए निर्देश भी जारी किये गये हैं

अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंस में यह निर्देश दिये

कल जयपुर में राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स की प्रगति की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से यहां बड़ी संख्या में सहायक और सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे उन्होंने कहा कि सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सुनियोजित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा श्री गहलोत ने कहा कि स्थानीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकें इसके लिए डेडीकेटेड स्किल सेन्टर की स्थापना करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे

उन्होंने कहा कि बजरी खनन के सम्बन्ध में न्यायिक मामलों का परीक्षण जल्द से जल्द किया जायेगा जिससे बजरी की कमी को पूरा किया जा सके वे कल जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक में बजरी की कमी से उत्पन्न हालात पर चर्चा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजरी के विकल्प के तौर पर एम सैण्ड के उपयोग की सम्भावनाएं भी तलाश कर इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही नीति बनाई जाए मुख्यमंत्री ने बजरी माफिया पर नियंत्रण और अवैध खनन रोकने के लिए सभी संभावित कदम उठाने के भी निर्देश दिए

इसमें नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर रहेगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पर्यटन विभाग का मुख्य जोर पूर्वी राजस्थान में पर्यटन के विकास पर रहेगा उन्होंने बताया कि बीते सालों में धौलपुर सहित अन्य जिलों में पर्यटन स्थलों की उपेक्षा हुई है नई पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र में नए सर्किट खोज कर उनको विकसित किया जाएगा इसके लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ली जाएंगी

कई स्थानों पर हल्की बरसात होने के कारण न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है